वे कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि लोग नए कृषि कानूनों की आवश्यकता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं जबकि किसानों ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा और केंद्र उन किसानों का सम्मान करते हैं जो कृषि कानूनों के बारे में अपनी आवाज उठा रहे हैं और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कृषि से संबंधित कानून संसद में पारित होने के बाद कोई मंडी बंद नहीं हुई है और एमएसपी भी पहले की तरह बनी हुई है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज बाद दोपहर दिल्ली दौरे पर जाएंगे वे वहां आधिकारिक बैठकों में भाग लेंगे विधानसभा के बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है दीनदयाल महान चिंतक व समाज सुधारक पंडित दीन दयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि दीनदयाल जी का जीवन संघर्ष और विचारधारा हमें प्रेरित करती है

साईकिल चैम्पियनशिप साईकिलिंग को खेलों के रूप में प्रचलित करने और साईकिल चालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश साईकिलिंग एसोसिएशन द्वारा आज शिमला में माउंटेन साईकिलिंग चैम्पयिनशिप का आयोजन किया जा रहा है संस्था के मीडिया सचिव विपुल सूद ने बताया कि यह चैम्पयिनशिप शिमला के समरहिल स्थित पोटरहिल से आरम्भ होगी और इस दौरान इन्डिव्यूजल टाईम ट्रेल और एमटीवी क्रॉस कंट्री ओलम्पिक कार्यक्रमों होंगे

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश के वार्षिक विकास बजट से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण की सुर्खी है हिमाचल के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य प्राथमिकता

हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है इनकम सोर्स बढ़ाने को कदम उठाए अब अनावश्यक खर्च रोकने की बारी डेमोकेसी हिमाचल के अनुसार सरकार ने वार्षिक योजना की जगह शुरू की वार्षिक विकास बजट प्रणाली

अमर उजाला की सुर्खी है जयराम अपना चौथा बजट पेश करने से पहले केंद्र से मांगेंगे आर्थिक मदद

ऊर्जा मंत्री की नहीं सुनती अफसरशाही शिकायत लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास पहुंचे सुखराम चौधरी शीर्षक से खबर को दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता दी है इसी समाचार पत्र के मुताबिक श्रम विभाग मंडी का पूरा स्टाफ बदला जल शक्ति मंत्री की नाराजगी पड़ी सब पर भारी